स्लग ई हेल्थ सेवा डैशबोर्ड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और आमजन तक आसानी से चिकित्सा सेवाए पहचाने के लिए अस्पतालों में आई टी का प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल में स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता अनुशासन और कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अच्छे प्रयास हुए है देहरादून में ई हेल्थ सेवा डैशबोर्ड का शुभारम्भ करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के पूर्ण डिजिटलाइजेशन पारदर्शिता और गति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस डैशबोर्ड की शुरुआत की गई है ई हेल्थ सेवा डैशबोर्ड के तहत ई पर्ची ई रक्तकोश ई औषधि ई हैल्थ सेन्टर और टेलीमेडिसन की सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी मरीजों की पर्ची दवाईयों और ब्लड की उपलब्धता टेलीमेडिसन की सुविधा अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण मोबाईल हैल्थ वैन की उपलब्धता की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन उपलब्ध होंगी इसके अलावा अस्पतालों की निरन्तर मॉनिटरिंग की जा सकेगी

इन परिवारों को शौचालय की सुविधा से आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त धनराशि की मांग की है

स्लग प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना लोगो के लिए वरदान साबित हो रही है सरकार की इस योजना से गरीब और असहाय लोगों के पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है चम्पावत जिले के ड्रंगरी फर्त्याल गांव का सूरज अपने दादा दादी के साथ झोपड़ी में रहता था आये दिन झोपड़ी उड़ने और टपकने से ये लोग परेशान थे लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पक्के घर ने उनके हालात बदल दिये चंपावत जिला मुख्यालय में रह रहे रमेश राम भी बताते हैं कि पहले कच्चे घर में रहते हुए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना से उन्हें नया आवास मिला और आज वो अपने पक्के मकान में रह कर बहत खूश हैं झोपड़ियों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों का अपना पक्का घर का सपना पूरा किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब इनकी जिन्दगी बेहतर हुई है और आंखों में सुनहरे भविष्य की उम्मीद है स्लग एमओयू उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के तहत जिला अस्पताल टिहरी और सामुदायिक केन्द्र को गुणवतापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए हिमालय इंस्टिट्यूट जौलीग्रांट और परियोजना स्वास्थ्य विभाग के मध्य एमओयू हस्ताक्षर किया गया

राज्य के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है गंगोत्री और यमुनोत्री के उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी बर्फबारी की खबर है

स्लग स्वच्छता की सेवा स्वच्छता ही सेवा आन्दोलन के तहत चम्पावत जिले में कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट और बायफ रिसर्च फाउंडेशन की ओर से गोशनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया इसके तहत छात्राओं ने रैली निकाली साथ ही विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छता का संदेश दिया गया कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ एम पी सिंह और बायफ के डॉ दिनेश रतूड़ी ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया

जिले के पाटी विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गडयुड़ा नवीन में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है स्कूल में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है

उन्होंने निर्देश दिये कि वो संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विभागों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस जारी करे उन्होंने मुनिकीरेती और कैम्पटी क्षेत्र में भी अतिक्रमण चिहिन्त करने के निर्देश दिये

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गोपेश्वर से पशुओं के एफएमडी टीकाकरण के लिए रथो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने निर्देश दिये कि जहां पर भी पशुओं में इस तरह की बीमारी है वहां पर फील्ड में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तत्परता के साथ इस संक्रमित रोग का उपचार करें

पौड़ी जिला अस्पताल के पास डीएवी इंटर कॉलेज में प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही कार्यक्रम की तैयारियों का उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक मुकेश कोली ने निरीक्षण किया